भिलाई इस्पात संयंत्र में पिछले महीने कोक ओवन बैटरी में हुए विस्फोट मामले में पुलिस ने दो महाप्रबंधक और एक उप महाप्रबंधक को गिरफ्तार किया है

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से आठ माओवादियों को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के अनुसार यह घटना आज सुबह दंतेवाड़ा से लगे किरंदुल थाना क्षेत्र के हिरोली गांव की है दंतेवाड़ा और किरंदुल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को यह कामयाबी मिली है पुलिस ने आठ माओवादियों को गिरफ्तार कर एक थ्री नॉट थ्री राइफल भी बरामद किया है इसी जिले में ही आज माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया मिली जानकारी के अनुसार जिले में पिछले तीन दिनों से सुरक्षा बलों की टीम सर्चिंग कर रही थी इसी दौरान आज सुबह अरनपुर थाना क्षेत्र के ककाड़ी गांव के पास जंगल में माओवादियों द्वारा बिछाए गए आईईडी में विस्फोट हो गया जिसकी चपेट में आने से एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया

वहीं कांकेर जिले के पखांजूर में पुलिस ने माओवादियों द्वारा लगाए गए बैनर पोस्टर और पर्चे जब्त किए हैं पुलिस के मुताबिक माओवादियों ने बैनर पोस्टर के माध्यम से दो से आठ दिसंबर तक पीएलजीए सप्ताह मनाने का ऐलान किया है जिसके चलते इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है बीएसपी विस्फोट आरोपी गिरफ्तार भिलाई इस्पात संयंत्र में पिछले महीने हुए विस्फोट मामले में पुलिस ने आज बीएसपी के तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है इनमें दो महाप्रबंधक और एक उप महाप्रबंधक शामिल हैं इस मामले के एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है गौरतलब है कि बीते नौ अक्टूबर को भिलाई इस्पात संयंत्र के कोक ओवन बैटरी कॉम्पलेक्स नंबर ग्यारह की गैस पाईप लाइन में सुधार कार्य के दौरान विस्फोट हो गया था जिससे संयंत्र में भीषण आग लग गई थी इस हादसे में चौदह कर्मचारियों की मौत हो गई थी स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कौशल विकास और उद्यमिता तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है नई दिल्ली में सीआईआई द्वारा आयोजित पंद्रहवें स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि चिकित्सकों और चिकित्सा से जुड़े कर्मचारियों को अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे में सुधार किया जा रहा है कांग्रेस शिकायत कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के ड्यूटी में लगे शासकीय कर्मचारियों और पुलिस जवानों को डाक मतपत्र की सुविधा नहीं देने के संबंध में निर्वाचन आयोग में शिकायत की है इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस और सीतापुर के प्रत्याशी अमरजीत भगत ने आयोग को पत्र देकर कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के पचयासी विकासखंडो में शासकीय कर्मचारी और पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी इस दौरान इन कर्मचारियों को डाक मतपत्र की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई थी जिसकी वजह से वे अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके उन्होंने कहा कि मताधिकार का प्रयोग करना हर किसी का मौलिक अधिकार है और इसे रोकना कानूनन अपराध है उन्होंने इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है फेरबदल राज्य शासन ने पंचायत विभाग के संचालक जितेंद्र शुक्ला को छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया है जितेंद्र शुक्ला दो हजार ग्यारह बैच के आईएएस अधिकरी हैं इसी साल उन्हें आईएएस कैंडर आवंटित किया गया था इससे पहले आईएफएस राकेश चतुर्वेदी छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के सीईओ थे गौरतलब है कि श्री चतुर्वेदी को हाल ही में पदोन्नत कर वन विभाग में लघु वनोपज संघ का महाप्रबंधक बनाया गया था

छत्तीसगढ़ अभी भी विदर्भ से बहत्तर रन पीछे है इससे पहले विदर्भ ने अपनी पहली पारी छह विकेट पर तीन सौ बत्तीस रन बनाकर घोषित कर दी विदर्भ की ओर से फैज फजल ने एक सौ छियालीस और अक्षय वडकर ने एक सौ चवालीस रन बनाए खेल कुम्भ राजधानी रायपुर में आगामी दो दिसंबर से राज्य स्तरीय ग्रामीण और महिला खेल कूद प्रतियोगिता खेल कम्भ का आयोजन किया जाएगा खेल और युवा कल्याण विभाग के संचालक धर्मेश क्मार साहू ने बताया कि यह खेल कृम्भ दो चरणों में होगा इसके पहले चरण में दो से नौ दिसंबर तक हॉकी एथलेटिक्स और व्हालीबॉल की प्रतियोगिताएं होंगी वहीं दूसरे चरण में ग्यारह से सत्रह दिसंबर तक बास्केटबॉल खो खो रस्साकसी और भारोत्तोलन खेलों का आयोजन किया जाएगा इस संबंध में सभी जिला खेल अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है इस प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक खेल के खिलाड़ियों के दल को प्रतियोगिता की आयोजन तिथि के एक दिन पहले रायपुर स्थित खेल संचालनालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है विस चुनाव मतदान प्रतिशत छत्तीसगढ़ विधानसभा की नब्बे सीटों पर दो चरणों में हुए मतदान के अंतिम आंकड़े प्राप्त हो गए हैं इनके अनुसार राज्य में छिहत्तर दशमलव छह शुन्य प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है इन दोनों चरणों में छिहत्तर दशमलव आठ छह प्रतिशत पुरूष और छिहत्तर दशमलव तीन चार प्रतिशत महिला मतदाताओं ने मतदान किया पहले चरण में अट्ठारह सीटों पर कुल छिहत्तर दशमलव चार सात प्रतिशत मतदान हुआ था जिसमें सतहत्तर दशमलव पांच प्रतिशत पुरष और पचहत्तर दशमलव नौ दो प्रतिशत महिला मतदाता शामिल हुए वहीं दूसरे चरण के शेष बहत्तर सीटों पर कुल छिहत्तर दशमलव छह दो प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले इनमें छिहत्तर दशमलव आठ दो प्रतिशत पुरूष और छिहत्तर दशमलव चार तीन प्रतिशत महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया गौरतलब है कि प्रदेश में पहले चरण के तहत अट्ठारह सीटों के लिए बारह नवंबर को और दूसरे चरण में शेष बहत्तर सीटों के लिए बीस नवंबर को मतदान हआ था छत्तीसगढ़ में कुल एक करोड़ पचयासी लाख अस्सी हजार से अधिक मतदाता हैं प्रदेश में इस बार के विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में ग्यारह लाख तेईस हजार अधिक मतदाताओं ने वोट डाले हालांकि इस दौरान राज्य की जनसंख्या में हुई वृद्धि के अनुपात में देखें तो मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में इस बार करीब एक प्रतिशत कम रहा है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश की अट्ठाईस सीटों पर निर्वाचन का प्रतिशत बढ़ा है जबकि अट्ठारह सीटों पर यह प्रतिशत घटा है कुल छियालीस सीटों के मतदान के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है सबसे अधिक परिवर्तन भरतपुर सोनहत सीट पर देखने को मिला है यहां चौरासी फीसदी मतदान हुआ है राजधानी रायपुर सहित प्रदेश की उन्नीस सीटों पर महिलाओं ने पुरूषों की अपेक्षा ज्यादा मतदान किया है कुरूद में महिलाओं का मतदान प्रतिशत सर्वाधिक अठासी दशमलव शून्य पांच प्रतिशत रहा वहीं खरसिया में छियासी दशमलव आठ आठ प्रतिशत महिलाओं ने वोट डाले आशुतोष जैन निधन आकाशवाणी के वरिष्ठ समाचार वाचक आशुतोष जैन का कल नई दिल्ली में निधन हो गया वे साठ वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से हृदय रोग का उपचार करा रहे थे इसी वर्ष अप्रैल में वे आकाशवाणी नई दिल्ली से सेवानिवृत्त हुए थे उन्होंने वर्ष उन्नीस सौ नवासी में समाचार वाचक के रूप में चंडीगढ़ से शुरूआत की थी इससे पहले उन्होंने कैज्अल अनाउंसर के रूप में भी सेवाएं दी थीं संक्षिप्त समाचार जांजगीर चांपा जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के मामले में सात प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया है राजनांदगांव जिले के मनकी गांव में तेल से भरे एक टैंक में विस्फोट होने से एक व्यक्ति घायल हो गया जाजंगीर चांपा जिले के लछनपुर गांव के सरपंच की मां पर हुए हमले के आरोप में पुलिस ने दस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है इसी जिले में पुलिस ने बाईस क्विंटल धान के साथ दो बिचौलियों को गिरफ्तार किया है अंबिकापुर में पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से करीब तीन लाख रूपये का ब्राउन शुगर जब्त किया है आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है महासमुंद में पुलिस ने एक ट्रक से नशीली दवाइयां जब्त कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस के मुताबिक ये आरोपी इन नशीली दवाइयों को रायपुर से ओडिशा ले जा रहे थे दुर्ग पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है